अमरीका के राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रम्प भी इस अवसर पर रहे उपस्थित प्रधानमंत्री ने अमरीका में सत्रह वैश्विक ऊर्जा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ की बैठक भारतीय समुदायों के शिष्टमंडलों के साथ भी की बातचीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारपोरेट टैक्स की दरों को कम करने की दिशा मे केन्द्र द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना की प्रदेश में हमीरपुर विधान सभा उपचुनाव के लिए अब से कुछ देर पहले शुरू हो गया है मतदान

प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यस्टन के एनआरजी स्टेडियम में ऐतिहासिक हाउड़ी मोदी कार्यक्रम में पचास हजार भारतवंशियों को सम्बोधित कर रहे थे राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प भी विशेष मैत्री सद्माव के तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित थे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को समूल नष्ट करने का समय आ गया है किसी देश का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद की शह और समर्थन देने के पीछे किसका हाथ है अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाय मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रम्प पूरी मजव्रती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत का उदय हो रहा है और देश न केवल परिवर्तन क्रम में है बल्कि वह चुनौतियों का सामना करते हुए पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की लक्ष्य की ओर अग्रसर है आयोजन को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि कट्टर आतंकवाद का खात्मा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा अमरीका और भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है उन्होंने दोनों देशों के बीच सुरक्षा सम्बंध मजबूत करने पर भी बल दिया श्री ट्रम्प ने इस वर्ष नवम्बर में दोनों देशों की तीनों सेनाओं की संयुक्त अभ्यास की घोषणा की

उन्होंने मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि इससे लगभग तीस करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सका है इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रम्प का परिचय एक अत्यंत विशिष्ट व्यक्ति के रूप में देते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि अमरीका भारत का सच्चा मित्र है राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी अपने सम्बोधन में ऐसे ही उदगार व्यक्त किए पूरे कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी गर्मजोशी और सद्भाव नजर आया प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रम्प को सम्बोधन के लिए आमंत्रित करते समय यह भी कहा कि अबकी बार ट्रम्प सरकार राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को एक महान नेता और सच्चा मित्र बताया पहली बार दोनों नेताओं ने एक साथ मंच साझा करते हुए पचास हजार भारतवंशियों को सम्बोधित किया

कार्यक्रम का थीम था साझा सपने उज्ज्वल भविष्य अमेरिका ने भारत वशियों के योगदान को रेखांकित करते हुए आयोजन के दौरान नब्बे मिनट का विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तत किया गया हमारे संवाददाता ने खबर दी कि पूरा एन आर जी स्टेडियम खचाखच भरा था और चारो ओर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ह्यूस्टन में गांधी संग्रहालय के भूमि पूजन समारोह पटिटका का भी अनावरण किया उन्होंने गूजराती समाज ह्यूस्टन ईवेंट सेन्टर और श्रीसिद्वि विनायक मंदिर का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के ह्यूस्टन में वैश्विक ऊर्जा कंपनियों के सत्रह मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की इस बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए अवसरों का लाभ उठाने के उपायों पर चर्चा की बैठक में मुख्य रूप से अमरीका और भारत के बीच सुरक्षा जरूरतों और परस्पर निवेश को बढ़ावा देने पर बातचीत हुई अमरीकी कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में कारोबार सुगम बनाने के लिए कारपोरेट टैक्स में कटौती सहित सरकार द्वारा किये गये अन्य सुधारों और नई नीतियों का स्वागत किया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि बातचीत के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में कारोबार बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की प्रधानमंत्री नरेन्द् मोदी ने कल ह्यूस्टन में सिख समुदाय के लोगों से मेंट की ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सिख समुदाय के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई और भारत के विकास के प्रति उनका जोश देखकर वे बहुत प्रसन्न है इस दौरान सिख समुदाय के लोगों ने भारत सरकार द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के लिए श्री मोदी को बधाई दी प्रधानमंत्री ने कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमण्डल से भी विशेष बातचीत की कश्मीरी पंडितों ने भारत की प्रगति और प्रत्येक भारतीय के सशक्तिकरण के लिए उठाये जा रहे कदमों के लिए सरकार पूरा समर्थन किया प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्हें दाउदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत का अवसर मिला और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा की श्री मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में दाउदी बोहरा समुदाय की एक अलग पहचान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए कारपोरेट टैक्स की दरों को कम करने की दिशा में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना की है उन्होंने कहा कि टैक्स दरों में कटौती से देश की पाँच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मद्द मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे औद्योगिक निवेश में मद्द मिलेगी और देश में रोजगार की सम्मावनायें भी बढ़ेंगी श्री योगी कल लखनऊ के आईआईएम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि कर की दरों में कटौती से उत्तर प्रदेश को भी एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मद्द मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में मंदी का माहौल है और ऐसे में टैक्स रेट कम होने से उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी और देश में अधिक से अधिक निवेश की सम्मावनायें बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा श्री योगी ने कहा कि इस समय चल रहे अमरीका चीन ट्रेड वार का लाम भारत को मिलेगा अभी तक जो निवेश चीन जा रहा था वह अब भारत में आयेगा क्योंकि एशिया में टैक्स रेट भारत में सबसे कम है जो देश की अर्थव्यवस्था को पाँच ट्रिलियन बनाने की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा इससे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी काफी लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों तथा अधिकारियों के लिए आईआईएम लखनऊ में लीडरशिप डेवलपमेन्ट प्रोग्राम मन्थन का आयोजन किया गया था हमीरपुर क्विानसभा उप चुनाव के लिए अब से थोड़ी देर पहले कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान के लिए चार सौ छियत्तर पोलिंग बूथ तथा दो सौ सत्तावन मतदान केन्द्र बनाये गये हैं जहाँ चार लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे प्रत्येक बूथ पर पैरा मिलेट्री फोर्स और पीएसी के साथ पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गयी है भाजपा विधायक अशोक सिंह चन्देल को अदालत द्वारा आयोग्य ठहराये जाने के बाद हमीरपुर विद्यान सभा की रिक्त हई इस सीट पर यह उपच्नाव कराया जा रहा है भाजपा बसपा सपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नौ उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं

लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराये जाने के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण सिंह को सम्मन जारी किया है उन्हें सत्ताईस सितम्बर को अदालत में पेश होने को निर्देश दिया गया है इस अदालत में विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल पर ढांचा गिराये जाने की कथित साजिश के मामले में भाजपा नेताओं लालकृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी उमा भारती और अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें सम्मन जारी किया गया है इस मामले के सभी आरोपी जमानत पर हैं उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर चल रही है केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि आधार को अनिवार्य कर दिए जाने से जालसाजी पर काबू पाया जा सकेगा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने में आधार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है खेल मंत्रालय खेलों में उत्कृष्टता के लिए बीस राष्ट्रीय केन्द्रों की स्थापना करेगा इसका उद्देश्य वर्ष दो हजार चौबीस और दो हजार अट्ठाईस के ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना है योजना के तहत प्रत्येक केन्द्र में चार से छह खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इन केन्द्रों में उच्च स्तरीय सुविधाए उपलब्ध होंगी